प्रवर्तन निदेशालय ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू प्रसाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रेमचन्द्र गुप्ता सहित बारह लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है ईडी ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सभी के बारह लोगों के खिलाफ मनी लॉड्रिंग रोकथाम कानून के तहत यह चार्जशीट दायर की है लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों पर आईआरसीटीसी होटल के टेंडर में दो हजार चार से दो हजार नौ के बीच गड़बड़ी का आरोप है इससे पहले इसी मामले में सोलह अप्रैल को सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया था उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लालू प्रसाद के परिवार के खिलाफ चार्जशीट दायर किया जाना राजद के शीर्ष नेतृत्व के लिए शर्मनाक है श्री मोदी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से इसपर जवाब देने को कहा है

लालू प्रसाद इस समय अंतरिम जमानत पर हैं और उनका मुंबई के अस्पताल में इलाज चल रहा है राजद अध्यक्ष के वकील ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत तीन महीने बढ़ाने का अनुरोध नयायालय से किया था वहीं अभियोजन पक्ष ने यह दलील दी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री को कोई घातक बीमारी नहीं है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी है इधर राजधानी पटना सहित वैशाली समस्तीपुर नालंदा जहानाबाद और मुजफ्फरपुर जिले में सुबह से ही कई स्थानों पर हुई बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है मॉनसून की ट्रफ लाईन पटना के ऊपर से होकर गुजर रही है जिससे राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक तीस सेंटीमीटर बारिश समस्तीपूर जिले के रोसड़ा में दर्ज की गयी वहीं कटिहार के मनिहारी में तेरह सेंटीमीटर समस्तीपुर के पूसा में नौ सेंटीमीटर वर्षा हुई है सीतामढ़ी जिले के ढेंग मुजफ्फरपुर के सरैया वैशाली के महुआ में चार से छह सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक नए उपाय की घोषणा की है जिसके तहत ऐसे हर प्रमाणीकरण के लिए चेहरे की पहचान को अनिवार्य बनाने की व्यवस्था है जिसके लिए आधार जरूरी है आधार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पाण्डेय ने आकाशवाणी को बताया कि नियमित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति की पहचान उंगली की छाप या आंखों की पुतली की जांच पर आधारित होती है उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत चेहरे की पहचान को इस प्रक्रिया में एक अतिरिक्त उपाय के रूप में जोड़ दिया जाएगा

अब हम उंग्रलियों के निशान के साथ लोगों का एक लाइव फेस मतलब उनका वीडियो भी हम कैप्चर करेंगे और उस वीडियो और जो उंगलियों के निशान हैं उन दोनों के साथ अब आधार का सत्यापन होगा जिससे जो लोग हमारे जो सीनियर सिटिजन हैं या जो लोग खेती में या जो लोग श्रमिक काम में रहने के कारण अगर उनकी उंगलियों के निशान मिट गये हैं तो उन लोगों को इससे काफी मदद मिलेगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां आज भी राज्य की विभिन्न नदियों में विसर्जित की जा रही हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के नेतृत्व में अस्थि कलश यात्रा के दौरान लोगों ने समस्तीपुर और बेगूसराय जिले में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि अर्पित की हमारे संवाददाता ने बताया कि सिमरिया घाट पर गंगा नदी में इन अस्थि अवशेषों का विसर्जन किया गया वहीं सासाराम से अस्थि कलश यात्रा कैमूर होते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के नेतृत्व में बक्सर पहुंची जहां रामरेखा घाट पर अंतिम अवशेष विसर्जित किये गये इधर भागलपूर में गंगा नदी कटिहार पूर्णिया और अररिया में अस्थि कलश यात्रा निकालने के बाद अंतिम अवशेषों को महानंदा नदी में विसर्जित किया गया कल पटना में भद्र घाट पर अटल जी की अस्थियों का विसर्जन किया जायेग इससे पहले अस्थि कलश यात्रा शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरेगी आकाशवाणी द्वारा संकलित भारतीय संस्कृति के विभिन्न संस्कार गीतों के प्रकाशन के लिए आकाशवाणी और साहित्य अकादमी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं आकाशवाणी पिछले तीन साल से बीस हजार से ज्यादा संस्कार गीतों का संकलन कर रहा है इन गीतों के प्रकाशन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति से जुड़े गीतों का संरक्षण करना है इस समझौते के बारे में जानकारी देते हुए आकाशवाणी के अतिरिक्त महानिदेशक राजशेखर व्यास ने कहा कि संस्कार गीत हमारे समाज में विशेष स्थान रखते हैं क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की पहचान हैं साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने बताया कि हिन्दी और इसकी बोलियों पर लगभग ग्यारह सौ किताबें प्रकाशित की जायेंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार छब्बीस अगस्त को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात की यह सैंतालीसवीं कड़ी होगी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा यह प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली भाषा में आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है खगड़िया जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से गरीब परिवारों को रसोई गैस के रुप में स्वच्छ ईंधन मिल रहा है इससे महिलाओं के घर का काम काज आसान हुआ है और बीमारियों से भी बचाव हो रहा है

अलौली प्रखंड निवासी शांति देवी कहती हैं कि खाना बनाने में अब समय की बचत होती है जिससे वे सिलाई कढाई जैसे काम भी सीख पाती हैं

जिले में एक लाख से अधिक परिवारों को नये रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किये गये हैं आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन राज्य मंत्रिमंडल ने कन्या शिशु टीकाकरण और कन्या सुरक्षा योजना को लोक सेवाओं का अधिकार कानून के अंतर्गत लाने की मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंचायती राज विभाग में चार सौ साठ नये पदों की सृजन को मंजूरी दी गयी मंत्रिमंडल ने मुंगेर में उत्पाद विभाग के प्रभारी अधीक्षक सुनील कुमार को जबरन सेवानिवृति देने को मंजूरी दी है जबकि सेवा से बर्खास्त मुजफ्फरपुर के बरूराज प्रखंड के तत्कालीन सीडीपीओ शंकर प्रसाद के पेंशन में कटौती को भी स्वीकृति प्रदान की गयी शिवहर में जिला प्रशासन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह और फर्जी खबरें फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जायेगी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से परामर्श जारी कहा है कि वाट्स अप ग्रुप का संचालन करने वाले एडमिंन पर पोस्ट को नहीं रोकने का दोषी मानते हुए उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जायेगा दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक का पीछा कर उसपर लदी साढ़े चार हजार लीटर शराब जब्त की है इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहीं जमुई जिले के झाझा रेलवे स्टेशन पर खड़ी कोलकाता दरभंगा एक्सप्रेस के डिब्बे से भारी मात्रा में शराब जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है गोवा में चल रही जूनियर गर्ल्स राष्ट्रीय फूटबॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने पंजाब को एक शून्य से हराकर जीत हासिल की है बिहार टीम की ओर से आशु कुमारी ने विजयी गोल किया सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र में भकुरहर गांव में देशी बम फटने से दो बच्चे घायल हो गये केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज हाजीपूर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित उनचास योजनाओं का उद्घाटन किया पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष का समापन समारोह कल पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किया जायेगा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समारोह में भाग लेंगे पटना के एसएसपी मनु महाराज ने बालू माफिया से सांठगांठ के आरोप में दीदारगंज और मालसलामी के थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है